ठीक होने वालों की दर अंठानवे प्रतिशत से अधिक

अब तक सात लाख छियासी हजार आठ सौ बयालीस लोगों को दिया गया टीका

किसान आंदोलन समाप्त होने के आसार बढ़े और प्रदेश में अगले दो दिनों तक भीषण ठंड का प्रकोप जारी रहेगा

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियार्ती उपायों का संकल्प लें

पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो सौ संतावन रोगियों को उपचार के बाद छूट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख चौवन हजार सात सौ पैंसठ हो गयी है वहीं इसी अवधि में दो सौ नौ नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख उनसठ हजार दो सौ इक्यासी हो गयी पिछले चौबीस घंटों में सबसे अधिक एक सौ पांच मामले पटना जिले में मिले हैं वैशाली से सोलह मामलों की पुष्टि हुई है इधर दस जिलों से कल एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है एक दिन में तीन व्यक्ति की मौत के साथ ही इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार चार सौ चौंसठ हो गया है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या तीन हजार एक सौ दो है देश में कोविड से अब तक एक करोड दो लाख पैंतालीस हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर छियानवें दशमलव सात प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान तेरह हजार दो सौ तिरासी लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है इस दौरान लगभग सत्रह हजार लोग स्वस्थ भी हुए हैं देश में संक्रमित लोगों की संख्या में निरन्तर कमी आ रही है और यह संख्या दो लाख से भी कम रह गई है इस समय एक लाख संतानवें हजार लोग संक्रमित हैं जो लगभग एक दशमलव आठ छह प्रतिशत के आसपास है इस महामारी से देश में मृत्यु दर में कमी आई है और यह अभी एक दशमलव चार चार प्रतिशत है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश के बीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण के अंतर्गत चौदह हजार एक सौ उन्नीस केंद्रों पर टीके लगाए गए सोलह जनवरी को शुरू हुए विश्व के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के पांचवें दिन एक लाख बारह हजार सात लोगों को टीका लगाया गया अपर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि पांच दिन में सात लाख छियासी हजार आठ सौ बयालीस लोगों को टीका लगाया जा चुका है उन्होंने बताया कि अब तक देश में हुए टीकाकरण के बाद किसी को भी कोई गंभीर शिकायत नहीं हुई है श्री अगनानी ने बताया कि को विन साफ्टवेयर को और बेहतर बनाकर उसमें नए फीचर्स जोड़े गए हैं

श्री अगनानी ने बताया कि मंत्रालय ने जिला अधिकारियों और जिला टीकाकरण प्रभारियों को टीकाकरण स्थलों के प्रभारियों के साथ प्रतिदिन समीक्षा बैठक करने को कहा है साथ ही कोल्ड चेन के बारे में भी राय लेने को कहा गया है विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड टीका पूरी तरह सुरक्षित है राज्य में टीका लेने के बाद प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के मामले बहुत कम संख्या में आये हैं कई जाने माने चिकित्सकों और बड़े अस्पतालों के प्रमुखों ने कोविड का टीका लिया है पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ओएसडी डाक्टर कुमार अरुण एम्स के चिकित्सक रवि कीर्ति ने कोविड का टीका लगाया है स्वयं कोविड का टीका लेने वाले पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर विद्यापति चौधरी ने बताया कि उनके यहां सौ चिकित्सक वैक्सीन लगवा चुके हैं पटना एम्स के निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह और अधीक्षक डॉक्टर सी एम सिंह ने भी बताया कि उन्होंने टीका लगवाया है और कोई परेशानी नहीं हुई है एम्स नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक पीयूष रंजन ने कहा कि कोविड उन्नीस का टीका आ जाने के बावजूद लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए

केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत कल आयोजित की जाएगी कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार ने कृषि कानूनों को एक से डेढ वर्ष तक स्थगित रखने की पेशकश किसान संगठनों के समक्ष की है श्री तोमर ने कहा कि बैठक के दौरान किसान संघों के प्रतिनिधियों की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि वे सरकार के प्रस्ताव पर विस्तार से विचार करेंगे और कल फिर से वार्ता में शामिल होंगे प्रदेश में अगले दो दिनों तक भीषण ठंड का प्रकोप जारी रहेगा मौसम विभाग के अनुसार कल से पश्चिमी विक्षोभ भी गहरा सकता है जिससे रात के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है आज पटना सहित आस पास के क्षेत्रों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है इधर राज्य में ठंड से आम जनजीवन प्रभावित है कल डेहरी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान सात दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया कोहरे के कारण हवाई ट्रेन और सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है कई रेलगाड़ियां विलंब से चल रही है जबकि पटना और दरभंगा हवाई अड्डे से विमानों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है विधान परिषद की दो सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में आज नामांकन पत्र वापसी का अंतिम दिन है इन सीटों पर केवल दो उम्मीदवारों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हसैन और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने नामांकन किया है दोनों के निर्विरोध चुने जाने की घोषणा आज की जायेगी ग्यारहवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर पच्चीस जनवरी को निर्वाचन प्रक्रिया में उल्लेखनीय योगदान करने वाले राज्य के सात पदाधिकारी और स्वयं सहायता समूह जीविका को राष्ट्रीय प्रस्कार के लिए चयनित किया गया है चूनाव आयोग ने कल चयन किये गये नामों की घोषणा की आयोग के अनुसार कोरोना काल में देश का पहला बिहार विधानसभा आम निर्वाचन दो हजार बीस सफलतापूर्वक आयोजित कराने के लिए बिहार को इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड में बेस्ट स्टेट प्रस्कार दिया गया है यह अवॉर्ड राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास लेगें साथ ही बेहतर सुरक्षा प्रबंध के लिए अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी मुख्यालय जितेन्द्र कुमार पुलिस महानिरीक्षक पूर्णिया विनोद कुमार को मरणोपरांत और पुलिस अधीक्षक पूर्णिया विशाल शर्मा का चयन किया गया है पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी कुमार रवि और कैमूर के तत्कालीन जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी का चयन भी इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए बेस्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी की श्रेणी में किया गया है आयोग ने कोरोना काल में चूनावों को सफलतापूर्वक कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को नवाचारी उपाय की श्रेणी में विशेष पुरस्कार के लिए चयनित किया है इसके अतिरिक्त मतदाता जागरुकता गतिविधियों में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए जीविका संगठन का चयन सीएसओ श्रेणी के अंतर्गत किया गया है सिखों के दसवें गुरू गुरूगोविंद सिंह जी महाराज का तीन सौ चौवनवां प्रकाश पर्व श्रद्वा और उल्लास के साथ सम्पन्न हो गया कल देर रात गुरू महाराज का जन्मोत्सव पटना साहिब स्थित तख्तश्री हरिमंदिर साहिब में मनाया गया इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच कड़ाह प्रसाद का वितरण किया गया मैट्रिक परीक्षा के प्रवेश पत्र में अगर फोटो किसी दूसरे छात्र का होगा तो परीक्षार्थियों को आधार कार्ड से भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि इस बार बिहार बोर्ड ऐसे परीक्षार्थियों को भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति देगा जिनके प्रवेश पत्र में फोटो की त्रुटि होगी राज्य में नये बने नगर निगम क्षेत्रों में ट्रैफिक थाने खोले जायेंगे अभी पन्द्रह ट्रैफिक थाने कार्यरत है नये थाने के खुलने के बाद इनकी संख्या इक्कीस हो जायेगी पूर्व मध्य रेल यात्रियों की सुविधा के लिए जयनगर से भागलपुर के बीच पच्चीस जनवरी से विशेष ट्रेन चलाएगा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए जयनगर से भागलपुर के बीच पच्चीस जनवरी से अगले आदेश तक के लिए प्रतिदिन पूर्णतः आरक्षित विशेष ट्रेन का परिचालन किया जाएगा उन्होंने बताया कि भागलपुर जयनगर विशेष ट्रेन छब्बीस जनवरी से चलेगी केन्द्र सरकार के निर्देश पर राज्य में सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों का मूफ्त इलाज किया जायेगा इसके लिए राज्य सरकार सेफ्टी फंड बनायेगी केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों के परिवहन मंत्रियों की बैठक में इस बात की घोषणा की है श्री गडकरी ने कहा कि अधिकतम डेढ़ लाख रूपये तक सरकार घायल के इलाज पर खर्च करेगी राज्य की सभी पंचायतों में बस स्टॉप बनाया जायेगा परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि अगले दो वर्षो में राज्य के सभी आठ हजार तीन सौ सत्तासी पंचायतों में बस स्टॉप का निर्माण कर लिया जाएगा उन्होंने कहा कि अभी पांच सौ पंचायतों में बस स्टॉप का निर्माण कराया जा रहा है श्री अग्रवाल ने कहा कि पंचायतों में बस स्टॉप बनाने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपी गयी है उन्होंने कहा कि बस स्टॉप बनाने के लिए दस करोड़ रूपये जारी किये गये हैं

रेल मंत्रालय ने कहा कि यह रेलगाड़ी प्रानी रेलगाड़ियों में से एक है गया रेलवे जंक्शन पर पुरी नई दिल्ली नीलांचल एक्सप्रेस से रेल पुलिस ने साढ़े बत्तीस किलो चांदी के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है मधेपुरा जिले में अपराधियों ने एक व्यवसायी से सात लाख रूपये लूट लिये वहीं जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र में अपराधी एक ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक से लगभग पांच लाख रूपये लूट कर फरार हो गये अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के शपथ ग्रहण की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है बिहार में कोविड टीका को लेकर प्रभात खबर ने सुर्खी लगायी है पचास वर्ष से ज्यादा उम्र वालों का रजिस्ट्रेशन फरवरी से हिन्दुस्तान ने लिखा है बाइडन के सिर उम्मीदों का ताज दैनिक जागरण ने दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों पर लिख है डेढ़ साल तक कृषि कानून रोकने पर तैयार दैनिक भास्कर ने राजधानी पटना के पीएमसीएच के जीर्णोद्वार की खबर पर सुर्खी दी है पीएमसीएच में एयर एम्बुलेंस के लिए बनेगा हैलीपैड आज अखबार की सुर्खी है हर यूनिवर्सिटी कैंपस में खुलेंगे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के दफ्तर

ठीक होने वालों की दर अंठानवे प्रतिशत से अधिक देश में कोविड टीकाकरण का अभियान जारी

किसान आंदोलन समाप्त होने के आसार बढ़े और प्रदेश में अगले दो दिनों तक भीषण ठंड का प्रकोप जारी रहेगा